उन्हॉने कहा कि अटल जी एक कद्दावर नेता थे और समाज के सभी वर्गो के लोग उनका आदर करते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक क्ता के रूप में अटल जी अतुलनीय थे और वह भारत के सर्वोत्तम वक्ताओं में शामिल हैं श्री मोदी ने कहा कि कृछ लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वे धैर्य खो देते हैं अटल जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे लेकिन उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों की बात की और कमी इस पर समझौता नहीं किया श्री मोदी ने कहा कि अटल जी लोकतंत्र को सर्वोच्च मानते थे भारत की विविधता को नेतृत्व की ताकत भी वेल्यू एडिशन करती है अटल जी उसमे से एक थे प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढियों को प्रेरणा देता रहेगा इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वित्त मंत्री अरूण जेटली भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी उपस्थित रहे प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज वस्त एवं सेवाकर अधिनियम जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग और सरकार के बीच तालमेल के लिये एक बोर्ड के गठन को मंजुरी दे दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का फैसला किया गया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे इस बोर्ड की हर तीन महीने पर बैठके होंगी और इसका कार्य व्यापारियों के बीच जीएसटी को लेकर होने वाली दिक्कतों और सुझावों को सरकार तक पहंचाना होगा बोर्ड में तीन उपाध्यक्ष ग्यारह गैर सरकारी सदस्य और नौ मंत्रालयों के सदस्य होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जायेगा मंत्रिमंडल ने आज कल छह फैसलों को मंजूरी दी जिसमें एक अहम फैसला पुलिस कर्मियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के लिये असाधारण पेंशन का है सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कर्तव्य पालन के दौरान किसी चोट की वजह से कोमा में जाने वाले पुलिस कर्मियों को असाधारण पेंशन देने का फैसला किया है जिसके तहत उन्हें सेवानिवृत्त होने तक पूरा वेतन दिया जायेगा इसके अलावा सरकार ने पूर्वांचल और बुन्देलखंड के विकास के लिये भी बोर्ड गठित करने का फैसला किया है एक अन्य फैसले में सरकार ने नोएडा के सेक्टर एक सौ सत्तावन में स्थापित होने वाले टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज टीसीएस के सेन्टर को भूमि उपलब्ध कराने की सहमति दे दी एक सौ इकहत्तर करोड़ की छूट के साथ कुल छह सौ सत्तासी करोड़ मूल्य की भूमि कम्पनी को उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर तेईस सौ करोड़ की लागत से केन्द्र स्थापित किया जायेगा और इससे तीस हजार से अधिक रोजगार का सुजन होगा वित्तमंत्री अरूण जेटली ने वस्तु और सेवा कर पर सरकार की आलोचना करने के लिए कांग्रेस की निंदा की है

इसलिए उसे इस पर गंभीरता से आत्मावलोकन करना चाहिए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे राजस्व की उगाही बढ़ती गई वैसे वैसे जी एस टी के अंतर्गत दरें कम की गई और अधिकांश वस्तओं पर टैक्स घटते गये श्री जेटली ने कहा कि विभिन्न स्लैब इसलिए निर्धारित किये गये ताकि किसी भी वस्तु पर कर में बहुत अधिक वृद्धि न हो और मुद्रास्कीति के प्रभाव पर नियंत्रण पाया जा सके उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्तु और सेवा कर जी एस टी से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए व्यापारी समुदाय और सरकारी अधिकारियों का एक बोर्ड गठित करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया पत्रकारों को फैसले की जानकारी देते हए सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थ नाथ सिंह ने बताया कि बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश व्यापारी बोर्ड रखा जायेगा और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश में मंत्रिगण देश के विमिन्न राज्यों के प्रत्येक गांव में श्रद्वालुओं को कुंम दो हजार उन्नीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने जाएंगे सरकारी प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि ये मंत्रिगण अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को कुम के लिए आमंत्रित करेंगे इसके साथ ही वे ग्राम प्रधानों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न गांवों का भी दौरा करेंगे दो दिन पहले हरदोई के पास एक मालगाड़ी के उन्नीस डिब्बों के पटरी से उतरने के बाद से बाधित दिल्ली लखनऊ रेलमार्ग आज सुबह दोबारा खुल गया सुबह दस बजे से इस रेलखंड से अप और डाउन ट्रैक पर रेलगाड़ियों का आवागमन श्रू हो गया